श्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करते हुए कहा कि यही गुड गवर्नेस का उदाहरण है

नए कृषि कानूनों का जिक करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधारों के जरिये उनकी सरकार ने बेहतर विकल्प दिए हैं

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के किसानों से संवाद भी किया किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताए

कल संक्रमण के एक हजार एक नए मामले सामने आए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए वहीं प्रधानमंत्री ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में श्री वाजपेयी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी श्री वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया

राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसमस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है प्रदेश के गिरिजाघरों में किसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड के चलते इस बार गिरिजाघरों में सीमित संख्या में प्रवेश दिया गया है